अरुणाचल प्रदेश में चौवन विधानसभा क्षेत्रो के लिए पार्टी ने जिन उम्मीदवारो का घोषित किया है उसमें मुक्टो से मुख्यमंत्री पेमा खांडू चौखाम से चाऊना मेन तेजु से डॉ महेश चाई तुतिंग यिंगकियंग से आलो लिबांग पासिघाट ईस्ट से कालिंग मोयोंग वेस्ट से तातुंग जामोह रोईंग से लाईता उम्ब्रे जीरो से तागे ताकी का नाम शामिल है वही आलो वेस्ट विधानसभा क्षेत्र से तुमके बागरा रुमगोंग से तामियो तागा मियाओ से कामलुंग मोसांग कानुबाड़ी से ग्रेबियल डी वांगसु खोनसा ईस्ट से वांगलाम सांविन चांगलाग नॉर्थ से तेसाम रोंग्ते बासार से गोजेन गादी लिरोमोबा से न्यामार कारबाक रागा से तामर मुर्तेम सागाली से दोमिनिक तादर सेप्पा से माम नातूंग सेप्पा ईस्ट से येरलिंग ताईलिग दामबुक से गुम तायेंग हायुलियांग से दासालु पुल लेकांग से श्रीमति जुमुंग एटे देउरी और पालीन से बालो राजा का नाम शामिल है

ये निर्वाचन क्षेत्र बारपेटा कलियाबोर और दुब्री हैं यह फैसला नई दिल्ली में एजीपी और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओ की बैठक के बाद लिया गया एजीपी एक दो दिन में अपने उम्मीदवारों के नाम घोषित कर सकती है

नई दिल्ली में कल पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति ने उम्मीदवारों के नामो की स्वीक़ति दी जिसमें अरुणाचल प्रदेश के दोनो लोकसभा सीटों के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नाम शामिल है अरुणाचल वेस्ट से पूर्व मुख्यमंत्री नाबम तुकी और अरुणाचल ईस्ट लोक सभा क्षेत्र से जेम्स लोवांगचा वांगलेट को उम्मीदवार बनाया गया है

सूत्रों के अनुसार अरुणाचल वेस्ट लोकसभा सीट से कांग्रेस टिकट न मिलने के चलते उन्होंने यह कदम उठाया है

उन्होंने दूरदर्शन को बताया कि पुलिस और आयोग की जांच टीमों द्वारा अब तक तीस लाख रुपए से ज्यादा का धनराशि जब्त की जा चुकी है

उन्होंने बताया कि पुलिस टीमों द्वारा अब तक बिना हिसाब किताब वाली चौदह लाख रुपए की धन राशि जब्त की जा चुकी है

पंद्रह मार्च को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस कार्यक्रम को उद्घाटन करते हुए इस अवसर पर नेशनल इन्नोवेटर अवार्ड प्रदान किए थे

तादर अनांग को नेशनल ग्रासरुट इन्नोवेटर अवार्ड प्राप्त हुआ है उन्हे यह पुरस्कार नेत्रहीनों के लिए स्मार्ट गूगल फॉर ब्लाईड तैयार करने के लिए दिया गया है तादर अनांग के साथ साथ राष्ट्रपति ने हरियाणा महाराष्ट्र और तामिलनाडु के इन्नोवेटर को भी सम्मान प्रदान किया था

आज का अधिकतम तापमान तीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान उन्नीस दशमलव एक डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ नमस्कार